अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला हर्षोल्लास के साथ आरम्भ

इन्वेस्टर मीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत स्थिति में है क्योंकि सरकार ने इसकी बुनियाद को कमजोर नहीं होने दिया है आज धर्मशाला में दो दिन के वैश्विक निवेशक सम्मेलन राइजिंग हिमाचल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि देश का विकास ेनये विचारों और नये दृष्टिकोण के साथ तेजी से हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले इस तरह के निवेशक सम्मेलन देश के क्छ शहरों मे ही आयोजित होते थे लेकिन अब स्थिति बदल गई है उन्होंने कहा कि अब राज्य भी निवेशकों को अपने यहां आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में आ गये हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों के दौरान पांच लाख करोड़ रूपये के सार्वजनिक आधारभूत ढांचा कोष का लाभ हिमाचल प्रदेश को भी मिलेगा प्रधानमंत्री ने ऑर्गेनिक खेती के मामले में हिमाचल प्रदेश को सिक्किम से सीख लेने की सलाह भी दी उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं जिनका समुचित इस्तेमाल किया जाना बाकी है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में चल रही और भावी विकास परियोजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया प्रधानमंत्री ने जहां ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के इस अभूतपूर्व प्रयास के लिए प्रदेश सरकार की सराहना की वहीं ये भी कहा कि उद्योगों की स्थापना में सरकार का ज्यादा दखल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें उद्योगों की बढ़ने की रफ़तार रूकती है मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने इस मौके पर कहा कि इन्वेस्टर मीट से प्रदेश में समावेशी सामाजिक और आर्थिक विकास को बल मिलेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपनी निवेश नीति के अंतर्गत लुभावने प्रोत्साहन उपलब्ध करवा रही है साथ ही प्रदेश को निवेश के लिए और अधिक आकर्षक व निवेश मित्र बनाया जा रहा है इसी के चलते सरकार ने राईजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वैस्टर मीट जैसा ऐतिहासिक निर्णय लिया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए पर्यटन फिल्म सूचना प्रौद्योगिकी आयुष और अफोरडेबल हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में प्रभावशाली नीतियां बनाई गई है

विक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिकम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में ईज ऑफ डुईंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे सिस्टम को डिजिटाईजड कर दिया गया है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद एस पटेल अनुराग ठाकुर सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार तामांग नीति आयेाग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय प्रदेश मंत्रिमण्डल के सदस्य विधायक और अन्य गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहे उद्योगपति राकेश भारती मित्तल प्रणव अदानी और एमाजॉन इंडिया के प्रधान अमित अग्रवाल ने भी इस मौके पर अपने विचार रखे दुर्घटना सोलन जिला के गिरीपुल के पास आज एक कार गहरी खाई में गिर कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई इस दुर्घटना में दो महिलाओं की मौत हो गई ये रिश्ते में मां बेटी थी इस दुर्घटना में मृतक महिला कौशल्या का बेटा राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है रेण्का अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला आज हर्षोल्लास के साथ आरंभ हो गया विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने देव पालकियों को कंधा देकर श्री रेणुका जी मेले का श्भारंभ किया मेले की शोभायात्रा ददाहू से शुरू हुई जो त्रिवेणीघाट संगम पर पहुंची जहां माता रेणुका और उनके पुत्र भगवान परशुराम का मिलन हुआ शोभायात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया परंपरा के अनुसार भगवान परशुराम की पालकी को जामो कोटी गांव के प्राचीन मंदिर से रेणुका जी लाया जाता है और स्नान सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है विधानसभा अध्यक्ष ने देर सांय दीप प्रज्जवलित कर श्री रेणुका जी मेले की प्रथम सांस्कृतिक संध्या का भी शुभारंभ किया उन्होंने इस मौके पर कहा कि मेले हमारी संस्कृति और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं शहीद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तैनाम सोलन जिला के सुबाथू के रहने वाले जवान भीम बहादुर पुन शहीद हो गए हैं भीम बहादुर पुन राष्ट्रीय राईफल में तैनात थे और श्रीनगर में गश्त के दौरान शहीद हो गए

आज दिन भर भीम बहादुर पुन के घर सांत्वना देने वालों का तांता लगा रहा शहीद भीम बहादुर पुन का पार्थिव शरीर आज देर रात या कल तक सुबाथू पहुंचने की उम्मीद है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने भीम बहादुर पुन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है

उन्होंने कहा कि निगम हर वर्ष शिमला के रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन करता है जहां बड़ी संख्या में निगम कर्मचारी और अधिकारी रक्तदान करते हैं

ये बात विभाग कि अतिरिक्त मुख्य सचिव नीशा सिंह ने आज शिमला में विशेष अभियान को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखने का संदेश देना है उन्होंने संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को इस अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए समन्वय के साथ गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए मौसम हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के जनजातीय और अधिक उंचाई वाले इलाकों में बीती रात से रूक रूक कर व्यापक बर्फबारी हो रही है इस दौरान राजधानी शिमला सहित राज्य के निचले क्षेत्रों में वर्षा भी हुई जिससे तापमान में जोरदार गिरावट आई है और प्रदेश में सर्दियों की शुरूआत हो गई है हमारे लाहौल स्पिति प्रतिनिधि कुंदन शर्मा के मुताबिक बारालाचा दर्रे पर आज तीन फुट ताजा हिमपात और रोहतांग दर्रे पर दो फुट हिमपात दर्ज किया गया है इसके चलते मनाली लेह सड़क पर यातायात ठप्प हो गया है किन्नौर चंबा जिला के पांगी और भरमौर तथा धौलाधार की उंची चोटियों पर भी बीती रात और आज रूक रूक कर बर्फबारी हुई जलोड़ी पास पर हुए इस मौसम के पहले हिमपात के बाद यहां वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है मौसम विभाग ने आज राज्य के मध्यम व अधिक उंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है सम्मेलन आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक इरा जोशी ने कहा है कि आकाशवाणी संचार का एक मजबूत और प्रभावशाली माध्यम बना रहेगा आज नई दिल्ली में एक डिजिटल सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रेडियो की सबसे खास बात यह है कि लोग अपना काम करते हुए भी इसका आनंद ले सकते हैं